इसके तहत किडनी रोगियों की बड़त संख्या को देखते हये सरकार सभी जिला अस्पतालों में मृफ्त डायलिसिस सुविघा उपलब्ध करा रही है इसी क्रम में अन्य अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी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 उन्होंने बताया कि आयष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में एक करोड़ अट्ठारह लाख पात्र व्यक्ति लाभान्वित होने जा रहे हैं इस वर्ष अक्तूबर में वस्तु और सेवा कर से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली हुई सितम्बर में वस्तु और सेवा कर के रूप में चौरानबे हजार करोड़ रुपये की वसुली हई थी वित्तमंत्री अरुण जेटली ने टवीट संदेश में कहा कि कम दरे कम कर चोरी अधिक वसुली और केवल एक कर तथा कर अधिकारियों का कम से कम दखल ही जीएसटी की सफलता है सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने कहा है कि सेना के जवानों की तरह मीडियाकर्मी भी देश की सेवा करते है ये आज नई दिल्ली में दूरदर्शन भवन में छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में शहीद कैमरामैन अच्युतानन्दन साह को श्रद्वांजलि दे रहे थे सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रसार भारती श्री साहू के परिवार के साथ खड़ा है उन्होंने कहा कि दूरदर्शन देश को सूचनाए उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है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 उसी तरह हम सब भी देश की सेवा करते हैं अपने कैमरे में अपनी कलम से और उसको देश भर तक पहुंचाने का जिम्मा आप सब लेते हैं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

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कल जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को छोड़कर सभी नये सार्वजनिक वाहनों में इन उपकरणों का लगाना अनिवार्य होगा

नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता संवित पात्रा ने कहा कि चार साल पहर्ले भारत की रैंकिंग एक सौ बयालिस थी जो अब सतहत्तर हो गई है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 भारत ने कारोबार की सुगमता की रैंकिंग में तेईस स्थानों की छलांग लगाई है पिछले वर्ष भारत सौवें स्थान पर था अब यह सत्तहतरें स्थान पर आ गया है यह लगातार दूसरा वर्ष है जब भारत विश्व के शीर्ष दस सुधार करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रमू ने इस अवसर पर कहा कि यह प्रगतिशील सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबार की सुगमता के मामले में भारत की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है प्रदेश के पूर्व मंत्री नवाब कोकब हमीद का बागपत स्थित उनके पैतुक आवास पर कल देर रात निधन हो गया वह पैंसठ वर्ष के थे और पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे श्री हमीद उन्नीस सौ पचासी में कॉग्रेस के सीट पर पहली बार बागपत के विद्यायक चुने गये